विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए न्यूज चैनलों और समाचार पत्रों की मॉनीटरिंग शुरू

प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मानवाधिकारों को देश की संस्कृति का हिस्सा बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गरीबों और वंचितों की आवाज बनकर राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभायी है और अब उसे एक डेटा बेस बनाने तथा सोशल मीडिया से भी जुड़ने की भी जरूरत है

उन्होंने कहा कि मानवाधिकार केवल नारा नहीं है बल्कि यह एक संस्कार होना चाहिए और लोकनीति का आधार होना चाहिए उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति एवं परम्परा में नागरिकों के सम्मान और समानता को जगह दी गयी है उन्होंने पिछले चार साल में अपनी सरकार द्वारा आम लोगों को घर बिजली रसोई गैस और शौचालय की सुविधा देने का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने गरीब और वंचित लोगों को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार दिया है यह उनका मानवाधिकार था रावत मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओ पी रावत ने कहा है कि मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रटि या फर्जी मतदाताओं के नाम होने की कोई गुजाइश नहीं है आकाशवाणी से कल विशेष बातचीत में श्री रावत ने कहा कि मतदाता सूची के बारे में बोगस वोटर होने की कोई संभावना नहीं है उन्होंने स्वीकार किया कि ड्प्लीकेट वोटर हो सकते हैं और उन्हें प्ररी तरह से वेरीफिकेशन के बाद हटाने का काम तेर्जी से चल रहा है उन्होंने कहा कि जिन प्रदेशों में चुनाव होना है वहां ये काम चुनाव से पहले पूरा करा लिये जाते हैं श्री रावत ने कहा कि ऐसी शिकायतों के लिए कमीशन खूद ही कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता

कार्यशाला को राज्य निर्वाचन आयुक्त आर परशुराम ने संबोधित करते हुए कहा कि स्थानीय निर्वाचन की चुनौतियाँ अन्य चुनावों से कम नहीं हैं

सुनियोजित प्लानिंग से आगामी निर्वाचन की चुनौतियों का सामना सहजता से किया जा सकेगा उन्होंने कहा कि आयोग के लिए यह गौरव की बात है कि जम्मू कश्मीर में हो रहे स्थानीय निर्वाचन के संबंध में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से सलाह ली जा रही है कार्यशाला में निर्वाचन कैलेण्डर मतदाता सूची पुनरीक्षण निर्वाचन नियमों में जिला पंचायत के वार्डों और मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण सहित अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई चुनाव कार्यवाही विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे वाहन चेकिंग और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था से कई मामले सामने आए हैं पूलिस ने सिवनी छिंदवाड़ा सीमा पर कल एक कार से एक क्विंटल से ज्यादा चांदी जब्त किया बाजार में इसकी कीमत बयालिस लाख रूपये से ज्यादा आंका गया है एसडीएम और पुलिस की मौजूदगी में जाँच के बाद मामला आयकर विभाग को सौंप दिया गया है

पुलिस ने इस मामले में लोगों को गिरफ्तार किया है सिंगरौली बैढ़न कोतवाली थाना क्षेत्र मेँ एक वाहन से एक सौ बासठ लीटर शराब जब्त की गई वाहन को जब्त कर लिया गया है छतरपुर जिले के सरवई थाना क्षेत्र में उत्तरप्रदेश की सीमा से लगे इलाके में एक कार से चौदह लाख रूपए मिले हैं छतरपुर जिले की ही गढ़ीमलहरा पुलिस ने दो दिन पहले एक कार से नौ लाख रूपए जब्त किए थे मीडिया मॉनीटरिंग केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चुनाव की घोषणा के साथ ही मीडिया मानीटरिंग और सर्टिफिकेशन कमेटी सकिय हो गई है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में स्थित एमसीएमसी कक्ष चौबीस घण्टे कार्य कर रहा है एमसीएमसी कक्ष में जनसंपर्क विभाग के अपर संचालक को मुख्य नोडल अधिकारी बनाया गया है

टीवी चैनलों की चौबीस घण्टे मानीटरिंग की जा रही है इसकी रिपोर्ट प्रतिदिन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजी जा रही है एमसीएमसी कक्ष में समाचार पत्र पत्रिकाओं की भी मानीटरिंग कर पेड न्यूज संबंधी समाचारों का संकलन किया जा रहा है

श्री तोमर ने कल श्रीमती सिंधिया की जन्म शताब्दी के मौके पर भोपाल में भाजपा के प्रदेश कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम राजमाता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह भी मौजूद थे वहीं ग्वालियर मे राजमाता विजयाराजे सिंधिया जन्मशताब्दी वर्ष समारोह पर आयोजित महिला मैराथन दौड़ को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

आरपीएफ रेल सुरक्षा बल देश में बनने वाली मेट्रो परियोजनाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है आरपीएफ के महानिदेशक अरुण कुमार ने इसके लिए केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय को हाल ही में एक पत्र लिखा है आरपीएफ महानिदेशक ने लिखा है कि देश के विभिन्न शहरों में बन रही मेट्रो परियोजनाओं के पूरा होने पर सुरक्षा का दायित्व केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की बजाए उसे दिया जाना चाहिए सीआईएसएफ मेट्रो ट्रेन परियोजना की सुरक्षा के लिए निगम से प्रति कॉन्स्टेबल एक लाख चौरासी हजार रुपए का शुल्क लेती है जबकि आरपीएफ प्रति कॉन्स्टेबल केवल अठहतर हजार रुपए का शुल्क लेती है किशोर प्ण्यतिथि पार्श्वगायक और सिने कलाकार किशोर कुमार की पुण्यतिथि के मौके पर आज प्रदेश के कई स्थानों पर कार्यकम आयोजित किये जायेंगे मुख्य कार्यकम उनकी जन्मस्थली खण्डवा में एक शाम किशोर के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा इस मौके पर गायक आभास जोशी गीतों की प्रस्तुति देंगे इस अवसर पर किशोर कुमार की समाधिस्थल पर दूध और जलेबी का भोग लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जायेगी

ब्रहानपुर में कल लोकायुक्त पूलिस ने कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ ई गर्वनेस प्रबंधक आशीष गुप्ता को पांच हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया

रायसेन जिले के बेगमगंज उप जेल में बंद एक कैदी की कल संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी शहड़ोल जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र के टिहकी मोड के समीप एक कार के पलट जाने से एक युवक की मौत हो गयी और तीन अन्य घायल हो गए हैं कार सवार सभी लोग छत्तीसगढ के चिरमिरी से व्यौहारी सगाई के लिए जा रहे थे इंदौर शहर के भागीरथपुरा क्षेत्र से बह रहे कान्ह नाले में तीन अक्टूबर को दूषित रसायन से भरा टेंकर उड़ेलने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है

सीधी जिला न्यायालय ने उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था